छह नए मामलों में से तीन चांगलांग और एक एक ईस्ट सियांग लोअर दिवांग वैली और तिरप जिलों से सामने आई है सभी पॉजिटिव पाए गए मरीज लक्षण रहित और बाहरी राज्यों से लौटें है सभी मरीजों को संबंधित क्वारंटीन सेंटर से कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है

म्ख्यमंत्री ने कहा कि मरीज को कोविड केयर सेंटर से छ्ट्टी दे दी गई और चौदह दिनों के लिए होम क्वारंटिन में रहने को कहा गया है

हालांकि एहतियाती के तौर पर धार्मिक स्थानों को तीस जून तक बंद रखा गया है म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि शॉपिंग मॉल होटल और रेस्टोरेंट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा राजधानी क्षेत्र में शॉपिंग मॉल के कर्मचारियों को उपभोक्ताओं को थर्मल स्क्रीनिंग और सेनिटाइजेशन करते देखे गए वही मास्क पहनना और सामाजिक दूरी को भी कड़ाई से लागू किया गया हालांकि कई फास्ट फूड आउटलेट में केवल टेक होम सर्विसेस की ही श्रुआत की गई है

राज्य की एक मात्र सीट के लिए चुनाव आगामी उन्नीस जून को होंगे निर्वाचित सदस्य मुकुत मिथी का कार्यकाल तेईस जून को समाप्त हो रहा है नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख बारह जून है राज्य की संय्क्त म्ख्य च्नाव अधिकारी डी जे भट्टाचार्जी ने कहा कि श्री रेबिया ने अपना नामांकन पत्र विधानसभा सचिव कागों हाब्ंग के समक्ष प्रस्त्त किया जो कि पीठासीन अधिकारी भी है

बैठक में सभी हितधारको ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हए कहा कि राज्य सरकार को इकतीस अगस्त दो हजार बीस तक स्कूलों को श्रु करने का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए उन्होंने जोर देकर कहा कि स्कूलों को खोलने से पहले राज्य सरकार को तौर तरीको का विकास करना चाहिए और स्पष्ट रुप से एस ओ पी को विकसित करना चाहिए अभिभावको ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की कि राज्य सरकार को पहले स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए एक सुरक्षित वातावरण के लिए तौर तरीकों पर काम करना चाहिए और उसके बाद ही स्कूलों को श्रु करने के बारे में सोचना चाहिए गौरतलब है कि राज्य में स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने के संबंध में राज्य सरकार के आदेश के अन्पालन में यह बैठक ब्लाई गई थी

सदन को संबोधित करते हए श्री ताशी ने बताया कि राज्य सरकार राज्य की स्वास्थ्य स्विधाओं को मजबूत कर रहा है और सब्जी और फल उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए बागवानी और कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रीत कर रहा है उन्होंने इस परियोजना के लिए अच्छे प्रदर्शन वाले गांव की पहचान करने पर जोर दिया ताकि इसे अन्य गांवों के लिए रोल मॉडल के रुप में प्रस्त्त किया जा सके

आज का अधिकतम तापमान छत्तीस दशमलव पांच डिग्री सेस्लियस और न्यूनतम तापमान बाईस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया